समारोह में राष्ट्रीय मिशन के तहत बारां जिले में हुए उत्कृष्ट कार्यों के लिए जिला कलेक्टर इन्द्रसिंह राव को भी सम्मानित किया गया

उन्होंने बताया कि अगले महीने देश में व्यापक पोषण अभियान शुरू किया जाएगा

बाद में राज्य की महिला और बाल विकास सचिव गायत्री राठौड़ ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि पुरस्कार मिलने से पोषण अभियान से जुड़े सभी लोगों में उत्साह है

इस परियोजना को चार साल में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है इससे पूर्वी राजस्थान के जिलों को भी लाभ होगा

बहरहाल चिदंबरम को हिरासत में ही रहना होगा क्योंकि न्यायालय ने सीबीआई के मामले में हस्तक्षेप नहीं किया है

सीमा सुरक्षा बल की ओर से जोधपुर में गुजरात और राजस्थान फन्टियर के सेवानिवृत्त जवानों अपंग विरांगनाओं और उनके आश्रितों के लिए एक दिन की पेंशन अदालत लगाई इसमें पेंशन से संबंधित समस्याओं का समाधान किया गया इस मौके पर राजस्थान गुजरात सीमान्त के महानिरीक्षक अमित लोढ़ा ने कहा कि भविष्य में और पेंशन अदालतें लगाकर बीएसफ के सेवानिवृत्त जवानों और उनके परिवारों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा

केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित हनर हाट का उदघाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी करेंगे

श्री नकवी ने कहा कि हुनर हाट दस्तकारों शिल्पकारों खानसामों को रोजगार के अवसर मुहैया कराने में एक मजबूत अभियान साबित हुआ है

डॉ शर्मा ने उन्हें प्रदेश में चलाई जा रही अभिनव स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी दी

सभी जिलों में वरिष्ठ नेताओं की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने उदयपुर में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया

जयपुर में भाजपा विधायक सतीश प्रनिया ने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के खिलाफ अत्याचार के मामलों में बढ़ोत्तरी हई है और सभी मामले पुलिस में दर्ज नहीं हो पा रहे हैं

जिनकी जांच की जा रही है